कल लोअर स्बनसिरी जिले के पिताप्ल में न्योक्म य्लो समारोह को संबोधित करते हए श्री खांडू ने राज्य के सामाजिक और अन्य संगठनों से विणिन्न मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा करने की अपील करते हए कहा कि बंद का ब्लाया जाना प्रदेश के विकास के हित में नहीं है मुख्यमंत्री ने स्थानीय भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हूए कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर संगठन को हर संधव सहायता देगी इस अवसर पर शिक्षामंत्री ताबा तेदिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ए पी एस एस बी एस्पिरेंट इंटरिम कमेटी फॉर जस्टिस के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से अनिमितता में शामिल सप्री अधियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है उन्होंने सरकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है

उन्होंने कहा कि सरकार नियंत्रण कम करने की व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है और करों से संबंधित सप्री विवादों को निपटाना चाहती है वित्तमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्व सहायता समूहों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के पारंपरिक उद्योगों को उत्पाद के प्रदर्शन के लिए और अवसर दिया जाना चाहिएं वित्तमंत्री संसद में बजट पेश करने के बाद देश के विशिन्न हिस्सों में इस तरह की चर्चा कर रही हैं

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में मूल ूत परिवहन लाने के लिए इस को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है

राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हए एन डी आर एफ के वरिष्ठ अधिकारी यू के थपलियाल ने बताया कि आपदा से प्रधावी तरीके से निपटने के इए अत्याध्रनिक तकनिकों का उपयोग किया जा रहा है इस अवसर पर नेरिस्ट के निदेशक एच एस यादव और कौआर्डिनेटर एस मिश्रा ने आपदा प्रबंधन के विपिन्न पहलूओं के बारे में जानकारी दी इस सेमिनार के तहत नेरिस्ट के परिसर में आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाले उपकरणों पर आधिरित एक प्रदर्शनी लगाई गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति यू विन मिंट के बीच वार्ता के बाद ये समझौते हुए

जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया

इस अवसर पर परंपरागत पूजा पाठ कार्यक्रम आयोजित किए गए

उन्होंने लोगों से दोन्यी पोलो संस्कृति विप्रिन्न शाषाओं और संरक्षित रखने में योगदान देने की अपील की इस अवसर पर विधायक काळिंग मोयोंग ने कहा कि राज्य सरकार मूल जनजातीय परंपरा को संरक्षित और प्रोसाहित करने के लिए हर संधव प्रयास कर रही है